ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में शुरू होगी स्वास्थ्य सहभागिता योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बनी मददगार योजना के संचालन में हिमाचल अव्वल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृतसंकल्प है मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मंडी जिले में प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रबंधन करेगा उन्होंने कहा कि मंडी मैडिकल कॉलेज चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश के बेहतरीन संस्थान के रूप में उमरेगा और यहां सभी आधुनिक सुविघाएं उपलब्ध होंगी

उल्लेखनीय है कि घायल होने के बाद अश्वनी कुमार को मैक्सिको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष चिकित्सा आपात के दौरान गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर अश्वनी कुमार को भारत वापिस लाने का मामला मैक्सिको के दूतावास से उठाने का अनुरोध भी किया है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने लोगों से विकास कार्यो में गुणवत्ता की कमी के संबंध में संबंधित उपायुक्त या उपमण्डल अधिकारी को जानकारी देने का आग्रह किया है सोलन जिले के धर्मपुर में आज जन सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए वचनबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी सहजल ने कहा कि विकास कार्यों के निर्माण में देरी को संबंध में भी उपायुक्त या संबंधित एसडीएम को शिकायत की जा सकती है उन्होंने कहा कि जाबली में बंद पड़े खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र को फिर से शुरू करने का मामला वे कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा से उठाएंगे रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सुरक्षा को देखते हुए म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत देश से बाहर करने की मांग की है लोकसमा में ये मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इस शांतिप्रिय प्रदेश के लिए ठीक नही है उन्होंने कहा कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के रास्ते हिमाचल में पहुंच गए हैं और केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे अनुराग ठाकुर इस बीच भाजपा के चीफ व्हिप व सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज हिमाचल में किसानों को बंदरों से होने वाली समस्या को उठाया उन्होंने किसानों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए केन्द्र से प्रदेश के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंदर और आवार पशु किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि अमित शाह चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सहज रिटर्न फार्म ऐसे कारोबारियों के लिये है जो सिर्फ उपमोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं कारोबारियों और उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने वालों के लिये सुगम फार्म लाया गया है इस बीच नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वातल ने कहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हुई है नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में इस समय बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल मुगतान को अपना रहे हैं सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं प्रधानमंत्री ने द्वीटर पर लोगों से विशेष रूप से तैयार किये गये नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव देने को कहा है सुझाव माई जी ओ वी डॉट इन पर भी मेजे जा सकते हैं विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य सहभागिता योजना शुरू की जाएगी

परमार ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों व सहायक स्टाफ के खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से खेल संघों को राजनीति से दूर रखने की मांग की है शिमला में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने खेलों को राजनीति से दूर रखने संबंधी मुख्यमंत्री के बयान की सराहना करते हुए कहा कि खेल संघों में नियमित चुनाव कराए जाने चाहिए विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हुए रामपुर में नारकोटिक्स का एक विंग स्थापित करने की मांग भी की ग्रीष्मोत्सव किन्नौर जिले के पूह में तीन दिवसीय ग्रीष्मोत्सव कल शाम सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने की

उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक दलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया मातृत्व वंदना योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छोटे राज्यों की श्रेणी में हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में भी हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि जच्चा व बच्चा को सुविधा प्रदान की जा सके डिस्पैच केन्द्र सरकार ने गर्भवती और स्पनपान कराने वाली माताओं की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की है और खास बात यह है कि योजना के सफल संचालन में छोटे राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर आंका गया है इसके अलावा बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है

लाभार्थियों का कहना है कि यह योजना उनके लिए बेहद मददगार साबित हो रही है

केन्द्र सरकार ने देश में नवजात शिशु और गर्मवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाने के उददेश्य से ही प्रधामनंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला मुंशी प्रेमचंद जाने माने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की शिमला इकाई ने शिमला में विचार गोष्ठी व कविता पाठ का आयोजन किया इसकी अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष सेवानिवृत आईएएस अधिकारी केआर भारती ने की इस मौके कवियों व साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला बरसात बैठक शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शिमला शहर में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई एम्बुलैंस सड़कों की मुरम्मत जल्द करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज विभिन्न विमागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि एम्बूलैंस मागाँ के किनारे खड़ी गाड़ियों को भी जल्द हटाया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में आवागमन में कोई रूकावट न हो उन्होंने वर्षा से सड़कों पर गिरे पेड़ों को भी जल्द हटाने के निर्देश दिए उपाायुक्त ने कहा कि गिरने की आशंका वाले पेड़ों को लेकर भी समय रहते कारगर कदम उठाए जाने चाहिए

किन्नर कैलाश यात्रा कमेटी के अध्यक्ष व एसडीएम मेजर अवनिन्द्र कुमार ने आज रिकांगपिओ में बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रा को बीच में ही स्थगित किया जा सकता है